मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का किया दावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा नगर निगम चुनाव में जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकारा पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा गौ वंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

गुरु श्री तेग बहादुर जी के चार सौवें प्रकाश पर्व के सिलसिले में उच्च स्तरीय स्मारक समिति की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता करते हुए आज प्रधानमंत्री ने यह बात कही उन्होंने कहा कि गुरुजी का चार सौवां प्रकाश पर्व एक आध्यात्मिक अवसर है और इसका आयोजन हमारा राष्ट्रीय दायित्व है नरेन्द्र मोदी कहा कि नई पीढ़ी को गुरू जी के बताए रास्ते के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है और यह कार्य डिजिटल साधनों से बखूबी किया जा सकता है प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि गुरू तेग बहादुर के जीवन के साथ समूची गुरू परम्परा से सीख लेनी चाहिए बैठक में वर्ष भर चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की योजना पर भी चर्चा की गई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में हुए नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है

शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पालमपुर में लोगों को प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रमित करने के लिए प्रचार किया उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का नगर निगम गठित करने का उद्देश्य उन क्षेत्रों का व्यवस्थित विकास करना है जहां पर शहर तेजी से बढ़ रहे हैं जयराम ठाक्र ने कहा कि पालमपुर व सोलन में पार्टी की हार को लेकर पार्टी व सरकार के स्तर पर आत्म निरीक्षण किया जाएगा

जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही है जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में राज्य के पुलिस कर्मियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रदान किए गए ब्लड प्रैशर मॉनीटर भेंट किए इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को अलग अलग तरह के वातावरण और विषम परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है इसलिए उनका स्वस्थ रहना बेहद आवश्यक है

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी उपकरण पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से फिट रखने और उनके स्वास्थ्य मापदण्डों की निगरानी में भी मदद करेंगे

गोविंद ठाकुर ने कहा कि सभी टैक्सी चालकों सहित होटलों के कर्मचारियों को कोरोना जांच के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में सौ बिस्तरों का कोविड केयर सैंटर भी स्थापित किया गया है बिक्रम उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय परागपुर में आज पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की इस अवसर पर उन्होंने जिला परिषद पंचायत समिति सदस्य और प्रधानों के साथ जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायतों के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की बिक्रम ठाकुर ने सभी प्रतिनिधियों से कोरोना से बचाव के लिए गांव में जनजागरण अभियान चलाने को भी कहा बाद में उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने चार नगर निगमों में से दो में पार्टी को स्पष्ट बहमत मिलने पर खुशी जताई है राठौर ने इस जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया और मतदाताओं का आभार जताया है

राठौर ने कहा कि कांग्रेस मण्डी और फतेहपुर उपचुनावों में भी जीत हासिल करेगी इस बीच कुलदीप राठौर ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से उनके निवास स्थान पर भेंट की वीरभद्र सिंह ने नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की शानदार जीत के लिए उन्हें बधाई दी और कहा कि आने वाले चुनावों के लिए भी ये एक शुभ संकेत है

उन्होंने मतदाताओं का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा धर्मशाला में विकास कार्यों में तेजी लाएगी और लम्बित कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जाएगा

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश भर में बेसहारा गायों के लिए गौ अभ्यारण्य व बड़े गौ सदनों का निर्माण किया जा रहा है एनपीएस प्रतिनिधिमण्डल नई पैंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के एक प्रतिनिधि मण्डल ने पुरानी पैंशन बहाली की मांग को लेकर आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की महासंघ के महासचिव भरत शर्मा ने राज्यपाल को अवगत कराया कि एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृति पर किसी भी तरह के वित्तीय लाभ का प्रावधान नहीं है और न ही एनपीएस कर्मचारियों की मृत्यु या अपंग होने पर उनके परिवार के लिए पारिवारिक पैंशन का कोई प्रावधान है उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में भी ये कर्मचारी तत्परता से अपनी सेवाएं दे रहे हैं राज्यपाल ने महासंघ को इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात करने का आश्वासन दिया

उपायुक्त पंकज रॉय ने बताया कि जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी यात्रियों को दारचा और जिस्पा सुरक्षित पहुंचाया गया उन्होंने कहा कि यात्रियों के रहने व खानपान का उचित प्रबंध किया गया है और मौसम अनुकूल होने पर इस मार्ग को बहाल करने में तीन दिन लग सकते हैं मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति जिले में उदयपुर के मडग्रां में हिम उर्जा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आज लोगों को एक किलोवाट क्षमता के ऑफग्रिड सौर उर्जा संयंत्र वितरित किए इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये उर्जा संयंत्र घाटी के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्व होंगे मारकंडा ने कहा कि मडग्रां के अलग पंचायत बनने से यहां विकास की गति और तेज होगी अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महान सिक्ख गुरूओं की परम्परा को बताया सम्पूर्ण जीवन दर्शन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का किया दावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा नगर निगम चुनाव में जनता ने भाजपा को पूरी तरह नकारा और पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा गौ वंश के संरक्षण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्व इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ